कालेधन की मिलेगी जानकारी राज्य में आज से मतदाता पुनरीक्षण अभियान हो रहा है शुरू

कल होगी कुर्की जब्ती देशभर में आज से राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की श्रूआत हो रही है इसके तहत सितम्बर का पूरा महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा इस वर्ष का विषय है प्रक पोषण दो हजार बाईस तक देश से कुपोषण को हटाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण पोषण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का समग्र पोषण अभियान कई मंत्रालयों की भागीदारी से पिछले साल से चलाया जा रहा है रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जागरूकता की कमी से गरीब और अमीर दोनों ही तरह के परिवारों पर कुपोषण का असर पड़ता है

पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जायेगा आप जरूर इससे जुडिये जानकारी लिजिये कुछ नया जोडिये आप भी योगदान दीजिये अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि पोषण अभियान के तहत सरकार ने देश में कुपोषण के कारण बच्चों के शारीरिक विकास दर में रूकावट को पैंतीस से घटाकर पच्चीस प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है बाईट वी के पॉल पोषण अभियान प्रघानमंत्री जी का एक पलैगशिप प्रोग्राम है इसके अंतर्गत हमारा फोकस पहले हजार दिन लाइफ के ऊपर होता है

प्रधानमंत्री ने पिछले साल मार्च में राजस्थान के झुंझनू से पोषण अभियान का शुभारंभ किया था स्विस बैंक में जमा कालेधन की जानकारी अब जल्द मिलेगी भारत और स्विटजरलैंड के बीच हुए समझौते के अनुसार स्विटजरलैंड के बैंकों में खाते वाले भारतीयों का विवरण आज से कर अधिकारियों को उपलब्ध होने लगेगा इससे पता चलेगा कि स्विस बैंक के खाते में भारतीयों का कितना पैसा जमा है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि काले धन के खिलाफ सरकार के संघर्ष में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा इससे स्विस बैंकों में गुप्त खातों को लेकर गोपनीयता के युग का अंत हो जायेगा आज से देशभर में दस अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं ये बदलाव बजट में घोषित प्रावधान के अनुसार किये जा रहे हैं इस बदलाव के तहत रेलवे का ऑनलाइन टिकट लेना अब तीस रूपये तक महंगा हो जायेगा आईआरसीटीसी ऑनलाइन नन एसी टिकट पर पंद्रह रूपये और एसी टिकट पर तीस रूपये सर्विस चार्ज लेगा जीएसटी अलग से लगेगा आज ही से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम दो हजार उन्नीस लागू हो रहा है इसके अंतर्गत एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर दस हजार और बिना हेलमेट पकड़े जाने पर एक हजार जुर्माना देना होगा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार जुर्माना और छह माह की जेल होगी पेटीएम फोन पे जैसे मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करने के लिये केवाईसी जमा करने की अवधि छह महीने बढ़ गयी है घर खरीदने पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा कार पार्किंग बिजली पानी जैसी सुविधाओं पर खर्च अब टीडीएस के दायरे में होगा साथ ही बैंक अकाउंट से एक करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर अब दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा बैंक अधिकतम पंद्रह दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे जीवन बीमा के गैर छूट वाले हिस्से पर अब पांच प्रतिशत टीडीएस कटेगा एसबीआई के होम तथा ऑटो लोन रेपो से लिंक होंगे इससे ग्राहकों की ईएमआई कम होगी गोपालगंज में ठेकेदार रामाशंकर सिंह को कथित तौर पर जलाकर मार डालने के मामले में गंडक विभाग के मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह समेत चार लोगों पर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है साथ ही कुर्की की कार्रवाई के लिये भी कोर्ट से मंजूरी मिल गयी है कल मूख्य अभियंता के पैतुक गांव रोहतास के नासरीगंज थाना के वीरभान कैथी में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जायेगी इस बीच एसआईटी ने फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये कई जगह छापेमारी की राज्य में आज से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है यह तीस सितंबर तक चलेगा इसके तहत मतदाताओं का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सत्यापन किया जायेगा ऑफलाइन माध्यम से बीएलओ घर घर जाकर मृत या विस्थापित मतदाताओं की पहचान करेंगे वहीं ऑनलाइन माध्यम से मतदाता स्वयं वोटर हेल्प लाइन एप या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर लौगिन कर मतदाता सूची में अपना और पूरे परिवार का नाम फोटो और पता जैसी अन्य गड़बड़ियों को दूर कर सकेंगे इसके लिये आज से पोर्टल और एप पर ईवीपी के नाम से नया लिंक उपलब्ध करा दिया जायेगा केन्द्र सरकार ने अगरबत्ती और अन्य सुगंधित वस्तुओं के आयात के नए नियम लागू किए हैं इन वस्तुओं के आयात के लिए अब सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि आयात नीति में संशोधन कर ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस लेने का प्रावधान किया गया है मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की लापरवाही से कई प्रसूताओं की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत चार चिकित्सकों के विरूद्व कार्रवाई का आदेश दिया है

वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुये हैं महासचिव पद पर शैलेन्द्र सिंह जबकि कोषाध्यक्ष के पद पर पुनम कुमारी सिंह को विजय मिली है पटना में संपन्न सोलहवीं राज्य स्तरीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग के सौ मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में मुन्ना कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है जबकि पचास मीटर बैक स्ट्रोक में संतोष राज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सूर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी करने संबंधी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है असम में उन्नीस लाख सूची से बाहर दैनिक जागरण लिखता है अब ऑनलाइन रेल टिकट बुक करने पर देना होगा सेवा शुल्क प्रभात खबर ने स्कूली बसों की जांच की शुरूआत की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सुरक्षा इंतजाम नहीं होने पर रद्द होगा बसों का परमिट दैनिक भास्कर ने राजधानी में एक बिल्डर के खुदकुशी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता देते हुये लिखा है चार साल से अलग रह रहे बिल्डर पत्नी के पास पहुंचे कहा जीवन से थक गया और कनपटी में गोली मार ली और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्रीय पोषण अभियान आज से देशभर में हो रहा है शुरू

कालेधन की मिलेगी जानकारी राज्य में आज से मतदाता प्रनरीक्षण अभियान हो रहा है शुरू

कल होगी कुर्की जब्ती